प्रधानमंत्री ने तीनों सेनाओं को एक कमान के नीचे लाने की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए चीफ ऑफ डिफेंस स्टॉफ की नियुक्ति करने की घोषणा की राज्य स्तरीय स्वाधीनता दिवस समारोह जयपुर में आयोजित मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ध्वजारोहण कर मार्च पास्ट की सलामी ली भाई बहन के प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन आज प्रदेशभर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है

प्रधानमंत्री ने लालकिले की प्राचीर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराकर मार्च पास्ट की सलामी ली

उन्होंने तीनों सेनाओं को एक कमान के नीचे लाने की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय लेते हए चीफ ऑफ डिफेंस स्टॉफ की नियुक्ति करने की घोषणा की

श्री मोदी ने जल संरक्षण को मिशन के तौर पर आगे बढ़ाने और प्लास्टिक को अलविदा करने की देशवासियों से अपील की है प्रधानमंत्री ने कहा कि केन्द्र सरकार ने गरीबी कम करने की दिशा में सफल प्रयास किये हैं

राज्य स्तरीय मुख्य समारोह जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में आयोजित किया जा रहा है जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ध्वजारोहण किया और मार्च पास्ट की सलामी ली

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने उल्लेखनीय सेवाओं के लिए अधिकारियों कर्मचारियों को सम्मानित किया राज भवन में राज्यपाल कल्याण सिंह ने भी ध्वजारोहण किया राज्यपाल ने प्रदेशवासियों को स्वाधीनता दिवस की बधाई दी है

शासन सचिवालय और पुलिस मुख्यालय में भी स्वाधीनता दिवस समारोह मनाया गया पुलिस मुख्यालय में आयोजित समारोह में पुलिस महानिदेशक भूपेन्द्र सिंह ने ध्वजारोहण कर विभाग के दस मंत्रालयिक कर्मचारियों को सराहनीय सेवाओं के लिए प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया

इस दौरान संभाग और जिला मुख्यालयों पर मुख्य समारोह आयोजित कर ध्वजारोहण किया गया कोटा के उम्मेद सिंह स्टेडियम में स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल ने राष्ट्र ध्वज फहराकर मार्च पास्ट की सलामी ली

इस बीच स्कूली बच्चों ने सामुहिक व्यायाम और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तृतियां दीं समारोह में अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने राज्यपाल का संदेश पढकर सुनाया अजमेर के पटेल मैदान में स्वाधीनता दिवस के मुख्य समारोह में चिकित्सा मंत्री डॉ रघू शर्मा ने ध्वजारोहण की मार्च पास्ट की सलामी ली

बीकानेर के करणी सिंह स्टेडियम में ऊर्जामंत्री बीडी कल्ला ने ध्वजारोहण कर मार्च पास्ट की सलामी ली

दौसा जिले में राजेश पायलट स्टेडियम में स्वाधीनता दिवस का मुख्य समारोह आयोजित किया गया समारोह में उद्योग मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने तिरंगा फहराया

सवाई माधोपुर में महिला और बाल विकास मंत्री ममता भूपेश ने ध्वजारोहण कर मार्च पास्ट की सलामी ली

इस अवसर पर बहने अपने भाइयों के कलाइयों पर राखी बांधकर उनकी लम्बी आयु की कामना कर रही हैं रक्षाबंधन के मौके पर विभिन्न संस्थानों की ओर से भी कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं जयपुर केन्द्रीय कारागार में भी रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जा रहा है

इसके लिए जेल प्रशासन की ओर से विशेष इंतजाम किये गये हैं श्रीगंगानगर से हमारे संवाददाता ने बताया कि भारत पाक सीमा पर स्थित हिन्दुमलकोट में स्थानीय महिलाओं और स्कूली बच्चों सीमा सुरक्षा बल के जवानों को रक्षा सुत्र बांधे रक्षा बंधन को लेकर रोडवेज ने अतिरिक्त बसे संचालित की हैं इस मौके पर राज्यपाल कल्याण सिंह मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और श्रभकामनाएं दी हैं